सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भार्ध और नवाचार के लिए और राशि देगी

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि शिक्षक ही वास्तव में राष्ट्र के निर्माता हैं जो हमारे बेटे बेटियों को सजग नागरिक बनाने के लिए चरित्र निर्माण की नींव रखते हैं उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों में चरित्र और ज्ञान के निर्माझा का मुख्य स्त्रोत है आज शिक्षक दिवस के अवसर पर वर्चुअल माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री कोविंद ने कहा कि केवल अच्छी इमारतें महंगा साजो सामान या सुविधाए ही स्कूल नहीं बनाते उन्होंने कहा कि एक अच्छे स्कूल के निर्माण में एक शिक्षक के समर्पण की भावना की अहम भूमिका है राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली में लाये जा रहे मूलभूत बदलायों का केन्द्र होना चाहिए

हरियाणा के बजरेगा गुरूग्राम के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क शिक्षक मनोज क्मार लाखड़ा को आज शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मनित किया गया है

राष्ट्रपति ने पुरस्कार हासिल करने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए उनकी बेहरीन सेवाओं के लिए उनकी सराहना की इस अवसर पर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और राज्य शिक्षा मंत्री संजय धोत्रे भी उपस्थित थे

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शिक्षक दियस पर देश के समुचे अध्यापकों को बधाई दी ह श्री मोदी ने एक टवीट मे कहा है कि देश अध्यापकों की सख्त मेहनत और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए उनका आभारी है उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस के अवसर पर हम अध्यापकों के अथक प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं

सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार नई शिक्षा नीति में की गई प्रतिबद्दता के अनुसार शोध और नवाचार के लिए और राशि देगी शिक्षक दिवस पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शोध के लिए राशि में वृद्वि की जायेगी श्री जावड़ेकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति में मूलभूत और तकनीकी साक्षरता पर जोर दिया गया है उधर हरियाणा में भी आज शिक्षक दिवस पर महान् शिक्षाविद डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन को याद किया गया

अंबाला के उपायुक्त अशोक क्मार शर्मा ने यीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बधाई दी सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज राजकीय महिला महाविद्यालय में पौधारोपण किया गया उधर बल्लभगढ की राजकीय प्राथमिक पाठशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दृष्यंत चौटाला ने शिक्षक दिवस पर भाखड़र ब्यास प्रबंधन बोर्ड के मुख्य अभियंता गुलाब सिंह नरवाल की काव्य पुस्तक सुराही का विमोचन किया फरीदाबाद के उपायुक्त यशपाल यादव ने आज अपने कार्यालय में जिले के कई शिक्षको को सम्मानित किया

रेलये बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने कहा कि रेलये यात्रियों की मांग पर बहुत नजदीक से नजर रख रहा है उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आने वाले समय में और अतिरिक्त र्रेलगाड़ियां चलाई जायेंगी रेलवे ने विद्यार्थियों की सुविधा के लिए करनाल से कल भी विशेष परीक्षा रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है

उन्होंने बताया कि इस रेलगाड़ी में कोरोना महामारी के मददेनजर पर्याप्त कर्मचारी औश्र सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया गया है रेलगाड़ी में सामाजिक दूरी और सैनीटाईजर का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है

ये तीनो लोग पिंजौर और माजरी चौंक के रहने वाले थे

प्रवक्ता ने बताया कि यह फैसला हाल ही में केन्द्र सरकार से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार लिया गया है

विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि दाखिले से संबंधित दिशा निर्देशों बारे विवरण पत्रिका जिलेवार संस्थानों की सूची और संस्थानों और ट्रेड के लिहाज से उपलब्ध सीटों से संबंधित सूचना इन वेबसाइट पर उपलब्ध है

हरियाणा में दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर छः मार्गीय राजमार्ग को पार करने के लिए पैदल यात्रियों के लिए छ से अधिक पुलों का निर्माण शरू होने जा रहा है केन्द्रीयच राज्य मंत्री राव इन्द्रजीत सिंह ने बताया कि पिछले दिनों उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक में पैदल यात्रियों की मांग को गंभीरता से उठाया था जिसके बाद इन पुलों का निर्माण किया जा रहा है